उत्तराखंड स्कूल उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार फिलहाल स्कूलों को खोलने के पक्ष में नहीं है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि स्थिति सामान्य होने के बाद ही स्कूलों के मामले में सोच समझकर निर्णय लिया जाएगा उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले बढ़े जरूर हैं लेकिन सरकार के प्रयासों से स्थिति नियंत्रण में है लिहाजा स्थिति सुधरने के बाद ही स्कूलों के बारे में निर्णय लिया जाएगा

उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में हर व्यक्ति को ट्रेस करना होगा जिसका प्रा हिसाब किताब होना चाहिये उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना मिल रही है कि क्छ लोग होम आइसोलेशन की शर्तों को पूरा करने में ढिलाई बरत रहे हैं जिलाधिकारी ने कहा कि क्छ लोग कोराना सम्बन्धी गलत जानकारी देकर ग्मराह करते हैं जिससे संक्रमण फैलता है ऐसे लोगों के खिलाफ हेल्थ डिपार्टमेंट एफ आई आर दर्ज करेगा एप्पल फेडरेशन सहकारिता राज्य मंत्री डॉ धन रावत ने कहा है कि सेब उत्पादन को बढ़ावा देने कृषकों की आय वृद्धि और पलायन रोकने के लिए रोजगर एप्पल फेडरेशन बनाया जायेगा इस अभिनव प्रयोग के अंतर्गत विशेष एरिया में ऑर्गेनिक सेब उत्पादन के साथ ही सेब की ब्रांडिंग के लिये विशेष ध्यान दिया जाएगा प्रदेश में पहली बार बनाये जाने वाले सेब फेडरेशन का कार्य ब्रांडिंग करना वैल्यू एड करना ग्रेडिंग करना मार्केटिंग और ऑर्गेनिक सेब उत्पादन करना होगा सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदएश के बराबर सेब उत्पादन करना है केंद्र सरकार ट्वीट लॉकडाउन के दौरान मिड डे मिल का पैसा जरूरतमंद बच्चों के खातों तक पहंचाने के लिए केंद्र सरकार ने ट्वीट करके उत्तराखंड शिक्षा विभाग की सराहना की है

शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि पैसा सीधे बच्चों के खातों में भेजा गया ताकि मिड डे मील योजना की मूल भावना बनी रही बच्चों का ड्रापआउट रेट कम से कम हो

म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि भाषाओं की जननी संस्कृत को बढ़ावा देना बहत जरूरी जिससे हमारी प्राचीन संस्कृति के संरक्षण के साथ ही संस्कृत भाषा के प्रति य्वाओं का रूझान बढ़ सके उन्होंने कहा कि पहले जिला और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर संस्कृत ग्राम बनाये जाय मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत भाषा वेद प्राणों और लिपियों पर शोध कार्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है इसके लिए बजट का सही प्रावधान हो बैठक में निर्णय लिया गया कि संस्कृत के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों और पाण्ड्लिपियों के संरक्षण के लिए बजट का प्रावधान किया जायेगा

इसके अलावा सम्मेलन गोष्ठियां प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी विधानसभा मॉनसन सत्र विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल विधानसभा परिसर में सभा मंडप का स्थलीय निरीक्षण करेंगे

कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हए सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी पहल्ओं पर विचार किया जा रहा है

रिंग रोड टिहरी म्ख्य सचिव ओम प्रकाश ने टिहरी जलाशय के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में अधिकारियों को फीजिबिलिटी और वायबिलिटी स्टडी करवा कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि टिहरी झील को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए सभी सम्बन्धित विभागों को हर सम्भव प्रयास करने होंगे

टिहरी झील को देखने के लिए हर साल देश विदेश से पर्यटक आते हैं रिंग रोड के निर्माण सहित जलाशय के चारों ओर पर्यटन विकास के लिए आवश्यक मूलभूत ढांचागत स्विधाओं के विकास से इस क्षेत्र के आसपास के कई गांव लाभान्वित होंगे यह रिंग रोड भविष्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में कारगर सिद्ध होगी

उन्होंने कहा कि देश और द्वनिया की जैव विविधता को बनाए रखने में उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका है पौड़ी के गोविन्द बल्लभ पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घ्ड़दौड़ी में आयोजित इंटरनेशनल ऑनलाइन फैकेल्टी डेवलपर्मेट प्रोग्राम के श्भारंभ के अवसर पर उन्होंने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में पवन उर्जा को लेकर उत्तराखंड में परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं इसलिए सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रही है

राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न प्रस्तावों संशोधनों और मुद्दों पर जन जागरण के लिए विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगी

इन सभी प्रतियोगिताओं की थीम भारत केन्द्रित शिक्षा समग्र शिक्षा ज्ञान आधारित समाज और ग्णवत्ता पूर्ण शिक्षा पर आधारित होगी